भारत और इंग्लैण्ड के बीच चौथा और अंतिम किकेट टैस्ट मैच आज से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

वहीं राजधानी जयपुर में भी वैक्सीन लगवाने वालों में काफी उत्साह देखा गया

यह टीका भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आई सी एम आर के सहयोग से विकसित किया है आई सी एम आर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन का आठ महीने से कम समय में पूरा किया जाना आत्मनिर्भर भारत की उभरती शक्ति का परिचायक है

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

इसके लिए स्थानीय परिस्थतियों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा

पिछले चार दिनों से इस महामारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

वातानुकूलित और वॉल्वो के अतिरिक्त सभी साधारण तथा द्रतगामी बसों में राजस्थान की सीमा तक इस दिन यात्रा करने वाली सभी महिलाएं और बालिकाएं इस निःशल्क सुविधा का लाभ उठा सकेंगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

कल जयपुर में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव और ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश क्मार की संयुक्त समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया श्री यादव ने कहा कि प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली मुम्बई और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे कॉरिडोर सहित सभी एनएच परियोजनाओं के लम्बित मुद्दों का समय पर निस्तारण किया जाए

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव ओपी ब्नकर ने यह जानकारी दी

यह मैच सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा विश्व टैस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को इस मैच में जीत या एक ड्रॉ की जरूरत है अगर इंग्लैण्ड इस मैच में जीत दर्ज करता है तो ऑस्ट्रेलिया विश्व टैस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहंच जाएगा न्यूजीलैण्ड इस चैम्पियनशिप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है